इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर पार्टी प्रभारी मंगल पांडे सहित अन्य नेता मौजूद रहे

पार्टी प्रभारी मंगल पांडे ने केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों का ज़िक्र किया और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा वोट की राजनीति की और वोट के लालच में देशहित में कोई काम नहीं कर पाई बैठक में मुरव्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने के लिए सरकार व संगठन तालमेल से कार्य कर रहे हैं उन्होंने कहा कि ये तालमेल प्रदेश स्तर से लेकर ज़िला मण्डल और बूथ स्तर तक बनाया जाएगा परामर्श केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नोवल कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के एहतियाती उपायों के पालन का परामर्श दिया है लोगों से बड़ी सभाओं में शामिल न होने को कहा गया है खांसी और बुखार होने की स्थिति में अन्य लोगों से दूर रहने की सलाह दी गई है लोगों को हाथ अच्छी तरह साफ किए बिना आखें नाक या चेहरा नहीं छूना चाहिए साबुन और पानी से हाथ अच्छी तरह धोने या अल्कोहल युक्त सेनिटाइज़र से साफ करने तथा खांसते और छींकते समय रूमाल या टिश्यू पेपर के उपयोग का परामर्श दिया गया है इस्तेमाल किए गए टिश्यू पेपर बंद डस्टबिन में फेंके जाएं खांसी बुखार के साथ सांस लेने में दिक्कत होने पर तुरंत चिकित्सक से परामर्श लिया जाए डॉक्टर के पास जाते समय मास्क लगाया जाए या चेहरे और नाक को कपड़े से ढक कर रखा जाए

इसके तहत संदिग्ध व्यक्तियों और उनके संपर्क में आए लोगों को स्वयं स्वास्थ्य केन्द्रों या टोल फ्री नम्बर एक शून्य चार पर जानकारी देनी होगी और आइसोलेशन में रहना ज़रूरी होगा उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए लोगों को भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक और धार्मिक कार्यक्रमों में जाने से परहेज़ करने की हिदायत दी है बैठक इस बीच सोलन ज़िले में स्थिति से निपटने की तैयारियों को लेकर उपायुक्त केसी चमन ने अधिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने विभागों से कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए उधर सिरमौर के उपायुक्त आरके परूथी ने बताया कि आगामी नवरात्रों में श्रद्वालुओं की भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए मंदिरों में विशेष व्यवस्था रहेगी उन्होंने कहा कि मंदिरों में श्रद्धालुओं के हाथ धोने के लिए पर्याप्त पानी और साबुन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी ऊना ज़िले में कोरोना को देखते हुए उपायुक्त संदीप कुमार ने सर्विलांस अधिकारी नियुक्त किए हैं इन अधिकारियों को किसी भी संदिग्ध मरीज़ से पूछताछ निरीक्षण और उसे किसी आइसोलेशन वार्ड में भेजने का अधिकार होगा राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि पार्टी कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक विशेष अभियान चलाएगी उन्होंने लोगों से इस बीमारी से भयभीत न होने और स्वच्छता अपनाने सहित एहतियात बरतने की अपील की है राठौर ने आज शिमला शहर के विभिन्न अस्पतालों का दौरा कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायज़ा लिया

प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शुन्य शुन्य पर अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं इसके अलावा माई गोव ओपन फोरम और नमो ऐप के माध्यम से भी कार्यक्रम के लिए सुझाव भेजे जा सकते हैं

इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों का सम्मान और बाजार में उनके शोषण को रोकना है इस वर्ष का विषय है सदैव सक्षम उपभोक्ता मौसम प्रदेश के अधिकतर भागों में आज वर्षा व बर्फबारी का दौर थमा रहा लेकिन ऊपरी इलाकों में बीते दिनों हुई बर्फबारी से शीतलहर जारी है मौसम के इस मिजाज़ से जनजातीय इलाकों के न्यूनतम तापमान में और कमी आई है